राष्ट्रपति आज बेंगलुरू में एरो इंडिया के समापन समारोह में शामिल हुए कहा भारत रक्षा और हवाई सुरक्षा क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है राज्य में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का आज हुआ तीसरा विस्तार हफीजुल हसन ने ली मंत्री पद की शपथ

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि एक र्सो किसान रेलगाड़ियों ने भी किसानों को बड़े और लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद की है विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी कृषि कानून वापस लेने की अपनी मांग जारी रखी इस बीच सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरू में एशिया की सबसे बडी हवाई प्रदर्शनी एरो इंडिया के समापन समारोह में शामिल हुए

उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का भी मौका मिलता है उन्होंने कहा कि सरकार की इन सुधारवादी नीतियों से देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी

श्री सिंह ने कहा कि डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चौलेंज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्टार्ट अप मंथन और आई डीईएक्स अवार्ड जैसे कार्यक्रमों ने देश में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का काम किया है घर घर तक नल के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन को लेकर चाईबासा जिले में कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में जल सहियाओं को इस मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस मौके पर जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने पेयजल कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों को जागरुक करने पर जोर दिया

कार्यशाला में पूर्व मंत्री डॉ नीरा यादव के अलावा प्रखंड प्रमुख और मुखिया समेत जल सहिया और अन्य कर्मी शामिल हुए सभी को जल संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई गई जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी

सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने के बाद उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने आम लोगों से आग्रह किया कि वे टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन को सहयोग करे और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें

न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान जेल प्रबंधन की ओर से जेल मैन्युअल पर रिपोर्ट सौंपी गयी हालांकि रिम्स प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट नहीं सौपे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई

राज्य में हेमन्त सरकार के मंत्रिमंडल का आज तीसरा विस्तार किया गया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कई मंत्री और विधायक तथा वरीय पदाधिकारी मौजूद थे श्री हसन दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं वे फिलहाल विधानसभा सदस्य नहीं है उन्हें छह माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा जैसा कि आपको मालूम है कि हाजी हुसैन अंसारी के देहांत के बाद मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उप चुनाव होना है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि श्री हसन इस सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को सम्बोधित करेंगे

इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपस्थित रहेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम में पारदर्शिता और इसके कारण कृषि बाजारों में आई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय बजट में एक हजार और मंडियों को ई नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया है कृषि उपज विपणन समितियों को आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि आधारभूत कोष से धन दिया जाएगा ई नैम कृषि उपज के व्यापार एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से किसानों की बहुत से बाजारों और खरीददारों तक पहुंच हो सकेगी

सताईस फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को डीईसी तथा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी इस अभियान की तैयारियों को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें माइक्रोप्लान बनाने और सभी प्रखंडों में समन्वयन समिति का गठन करने को कहा उपायुक्त ने इस अभियान के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करने और स्वास्थ्यकर्मियों तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं को प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया सिमडेगा जिले में इस वर्ष दस मार्च से आयोजित होनेवाली ग्यारहवीं हॉकी राष्ट्रीय सबजुनियर महिला प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां चल रही हैं

इंग्लैंड के लिए ऑपनर सिबले ने सतासी और बर्न्श ने तैतीस रनों की पारी खेली वहीं रूट एक सौ अठाइस रन पर नाबाद हैं वहीं भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दो और स्पिनर आर अश्विन ने एक विकेट लिये

रांची से खूंटी की ओर तेज रफ्तार से जा रहे एक तेल टैंकर ने उस वक्त एक बुजुर्ग और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया जब दोनों साप्ताहिक हाट जा रहे थे इस दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने टैंकर के चालक और सह चालक की पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया

उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अपने पोर्टल पर ऋणी किसानों का डेटा अपलोड कर दें ताकि उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाय सके और किसान इसका लाभ ले सकें